आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित जनचौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लवन से आए नागरिकों के आग्रह पर यह घोषणा की नागरिकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि लवन उप तहसील में सत्तर ग्राम पंचायतें हैं अकसर नागरिकों को तहसील के कार्य से बलौदाबाजार जाना पड़ता है लवन क्षेत्र के कई गांवों से बलौदाबाजार की दूरी अधिक होने से ग्रामीणों को असुविधा होती है लवन में तहसील कार्यालय खुलने से उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी मुख्यमंत्री ने नागरिकों की बातें सहानुभूतिपूर्वक सुनीं और लवन को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की गांधी विचार पदयात्रा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर धमतरी जिले के कण्डेल से शुरू हुई कांग्रेस की गांधी विचार पदयात्रा कल रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचकर संपन्न होगी यह यात्रा रायपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है और आज सुबह खोरपा गांव से शुरू होकर कोलर और छैछानपैरी गांव पहुंची यहां आमसभाओं का आयोजन किया गया यह यात्रा मुजगहन और सेजबहार गांव से भी गुजरेगी पदयात्रा में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अनेक विधायक तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए यह पदयात्रा कल सेजबहार से शुरू होगी और डूंडा संतोषी नगर होते हुए दोपहर करीब दो बजे रायपुर के गांधी मैदान में संपन्न होगी इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के अलावा राज्य शासन के मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उपस्थित रहेंगे वहीं विकासखंड स्तर पर ग्यारह से सत्रह अक्टूबर तक गांधी विचार पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा इस पदयात्रा की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा के लिए आज सभी विकासखंड मुख्यालयों में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक भी हुई

इनमें से एक महिला माओवादी पर पांच लाख रूपए इनाम घोषित था यह महिला माओवादी पिछले तेरह वर्षो से नक्सली संगठन के लिए काम कर रही थी इन सभी माओवादियों ने बस्तर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण में हुई मुठभेड़ में कल मारे गए माओवादी की पहचान डिप्टी कमांडर देवा कवासी के रूप में की गई है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस माओवादी पर आठ लाख रूपए का इनाम घोषित था उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में एक जवान की मौत गोली लगने से हुई है गौरतलब है कि पहले इस जवान की मौत की वजह हार्टअटैक बताई गई थी आदिवासी धरना प्रदर्शन बस्तर की जेलों में बंद कथित रूप से निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर आज दंतेवाड़ा जिले के क्आकोंडा में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली

पिछले लंबे समय से चर्चा में रहे देश के पहले गार्बेज कैफे की आज से अंबिकापुर में शुरूआत हो गई है यहां प्लास्टिक का एक किलो कचरा लाने पर लोगों को भरपेट भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कचरा लाने पर नाश्ता कराया जाएगा

निर्वाचन आयोग अपील भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार अभियान में पर्यावरण अनुकूल सामग्री के प्रयोग की अपील की है आयोग ने पहले भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से यह बात जोर देकर कही थी कि वे चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें आयोग ने अपनी अपील में कहा कि प्रचार के दौरान पोस्टर बैनर कट आउट होर्डिंग विज्ञापन कटलरी पानी पीने के पाउच बोतल में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के तहत परंपरानुसार चोरी किए गए रथ की कुम्हड़ाकोट गांव से वापसी हुई आज पूर्व राजपरिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव राजगुरू और अन्य लोगों के साथ कुम्हड़ाकोट पहुंचे और वहां ग्रामीणों के साथ नवाखाई मनाई

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रावणभाटा मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में यह घोषणा की इस दौरान उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित प्लास्टिक रूपी रावण का रिमोट दबाकर दहन किया और जनता से प्लास्टिक मुक्त छत्तीसगढ बनाने की अपील भी की गौरतलब है कि रायपुर के रावणभाटा में दशहरा उत्सव करीब एक सौ पचास वर्षो से निरंतर मनाया जा रहा है

वर्ष अट्ठारह सौ चौहत्तर में यूनिवर्सल पोस्टल के निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर तोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा घोषित इस दिन को डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के लिए अलग से सचिवालय गठित करने के प्रस्ताव को राज्यपाल सचिवालय ने सहमति प्रदान कर दी है राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा ने यह जानकारी दी